इसमें असम अरुणाचल और मणिपुर के अड़तीस विद्यालयों के चार सौ दो छात्र और सत्तासी शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य की शिक्षा सचिव मधु रानी तेओतिया ने किया

इस अवसर पर विभिन्न जनजातियों के लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए वेस्ट सियांग जिला उपायुक्त स्वेतिका सचान ने बच्चों और समाज के कमजोर वर्गो के सशक्तिकरण के लिए अधिकारियों से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने को कहा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और महिला एवं बाल कल्याण विभाग से संबंद्ध अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर आयोजित बैठक में उन्होंने महिला एवं बाल विकास अधिकारियों से आंगनबाड़ी केंद्रों को अच्छी तरह चलाने का सुझाव दिया केंद्रीय सुक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए समाज कल्याण जनजातीय मामला और एम एस एम ई मंत्रालय मिलकर कृषि आधारित उद्यमों को बढ़ावा दे रहे है उन्होंने कहा कि शहद उद्पादन खाद्य प्रशंस्करण बास आधारित कुटीर उद्योग और कुम्हारों की सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाया गया है श्री गडकरी ने कहा कि दशकों से चले आ रहे पारंपरिक व्यवसाय के अलावा नवीनतम तकनिकों का उपयोग कर खाद्य प्रशंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए भी एम एस एम ई विभाग सहायता प्रदान कर रहा है वेस्ट सियांग जिला उपायुक्त ने निर्धारित मानदंडो के अनुसार एयरगन या एयरराईफल्स का लाईसेंस लेने का निर्देश दिया है जिला उपायुक्त ने एयर वेपन से जंगली जानवरों के शिकार के रिपोर्ट के मद्देनजर यह निर्देश दिया है जिला उपायुक्त संबंधित अधिकारियों से इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है लुमला सब डिविजन में विकास बैठक के अध्यक्षता करते हुए स्थानीय विधायक जाम्बें ताशी विभागीय प्रमुखों और परियोजना एजेंसियों से समय पर विकास कार्यों को पूरा करने को कहा है लुमला क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष जंगल में आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर उन्होंने वन विभाग से इसे गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाने को कहा श्री ताशी ने अधिकारियों को काम नहीं वेतन नहीं के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया उन्होंने कृषि और वागवानी विभाग के अधिकारियों से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने को कहा देश की जानी मानी महिला मुक्केबाज मेरी कोम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को धारा तीन सौ सत्तर के तहत मिले विशेषाधिकार को समाप्त किए जाने से आतंकवाद से प्रभावित जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का अधिकार बढ़ने से इस राज्य के खिलाड़ियों को अधिक सुविधा और प्रशिक्षण मिलेगा विधायक ताना हाली तारा ने कहा है कि देश के विकास के लिए लाल बहादुर शास्त्री का स्लोगन जय जवान जय किसान आज भी प्रासंगिक है हाल ही में नाहरलगुन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्रषि और बागवानी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाए है और इस क्षेत्र के विकास से ही राज्य का त्वरित विकास संभव है श्री तारा ने प्रदेश के किसानों से कृषि विज्ञान केमद्रों और अन्य कृषि विशेषज्ञों से सुझाव लेकर हेती करने की अपील की ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके

रेलवे ने यह निर्देश देश में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल बंद करने के प्रधानमंत्री के आह्वान को देखते हुए जारी किया है प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के लिए दो अक्टूबर को शपथ दिलाई जाएगी केंद्र सिगरेट और अन्य तंबाक्र उत्पाद पैकेजिंग और लेबलिंग नियम दो हजार आठ में संशोधन करते हुए सभी तंबाकू उत्पादों पर नई स्वास्थ्य चेतावनी अधिसूचित की है स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि नई चेतावनी पहली सितंबर से लागू हो जाएगी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर जो संदेश छपा होगा वह है तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे तंबाकू का उपयोग करने वालों में जागरुकता पैदा करने में मदद मिलेगी और व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए वे काउंसलिंग सेवा प्राप्त कर सकते हैं बयान मेंयह भी कहा गया है कि तंबाकू उत्पादों के सभी प्रकार के ध्रमपान पर एक ही तरह की स्वास्थ्य चेतावनी रहेगी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 आज का अधिकतम तापमान पैतीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान छब्बीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया